संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है

अंतरिम बजट एक फरवरी को प्रस्त्रत किया जाएगा

सरकार ने कल संसद के दोनों सदनों में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक ब्रलाई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की लोकप्रियता से घबरा कर विपक्षी पार्टियां एकजुट होने का दिखावा कर रही है आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जबरदस्त परिवर्तन हुआ है उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मूख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधी स्वयं आत्म समर्पण कर रहे है अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुट जाने और उत्साह के साथ दोबारा भाजपा सरकार बनाने के लिये जी जान से लगने की अपील की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जिस दौरान उन्होंने कानपुर और लखनऊ में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने जनता के हित में पिछले दो वर्षो में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं इसके अलावा कुंभ के भव्य आयोजन से गंगा और यमुना के निर्मल जल में स्नान का पुण्य अवसर भी देश विदेश के श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है इससे पूर्व कानपुर में बूथ अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियो के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह में चुनाव अभियान की शुरूआत कानपुर से की गई थी जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और इस बार भी यह शुरूआत कानपुर से की जा रही है उन्होंने प्रदेश में लोकसभा की चौहत्तर सीट जीतने का कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में कहा कि मंदिर निर्माण के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा

प्रयागराज कुंभ मेले में हर चीज को बदलते समय के अनुरुप नया रूप दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार मेले में खोया पाया केन्द्रों को भी अत्याधनिक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों से लैस किया गया है

भूले भटके लोगों की तलाश और उनकी मदद के लिए पंद्रह अत्याधुनिक तकनीक से लैस खोया पाया केंद्र बनाये गये हैं एक केंद्र के प्रभारी ने आकाशवाणी को बताया कि चौबीस घंटे कार्यरत हेल्पलाइन नंबर एक नौ दो शून्य काम कर रहा है जिस केंद्र पर भी कोई रिपोर्टिंग करता है कि हमारे बच्चा खो गया है तो उसकी अगर फोटो है तो फोटो अगर हमारे केंद्र पर दे देते हैं तो हम सभी केंद्रों पर एक साथ डिसप्ले करा देते हैं पूरे मेला क्षेत्र की जियो टैगिंग की गयी जिससे केंद्रों पर शिकायत करने वालों की भौगोलिक स्थिति का स्वतः पुलिस को पता चल जाता है धर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार कुंभमेला सिटी प्रयागराज उधर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कुंभ परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान प्रमुख स्नानों में स्वच्छ जल की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी किसानों को भी सिंचाई के लिये पानी की कमी को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि टेहरी डैम में पर्याप्त पानी है और दस हजार क्यूसेक की उपलब्धता बनी रहेगी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

यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की समाधि स्थल पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज सवरे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धाजंलि अर्पित की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र कृतज्ञ भाव से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है जिन्होंने हमारी स्वाधीनता के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक संदेश में कहा कि गांधीजी सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर विश्वास करते थे और उनका जीवन सच्चे मानववाद की भावना को व्यक्त करता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने और उनके जीवन मूल्यों का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है

प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने शहीद दिवस पर राजभवन में श्रद्वाजंलि सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धाजंलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमें गांधी जी से प्रेरणा लेकर स्वच्छता ग्राम विकास और स्वदेशी को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए महात्मा गांधी ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें हर व्यक्ति सुख समृद्ध हो समाज भ्रष्टाचार विहीन हो और देश स्वावलम्बी बन उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि आज का दिन विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है कुष्ठ सेवा परमात्मा की सेवा है गांधी जी ने कुष्ठ सेवा को अपना ध्येय बनाया था राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने तीन हजार सात सौ इक्यानवें कुष्ठ पीड़ितों को चिन्हित करके मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत उन्हें पक्के आवास देने का निर्णय किया है इससे पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में जीपीओ स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्वाजंलि अर्पित की राज्य के विभिन्न जनपदों से भी महात्मा गांधी की पुण्य तिथि को कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाये जाने के समाचार है महोबा में इस अवसर पर कुष्ठ जागरूकता अभियान की श्रूआत की गई अमरोहा में स्कूल और कॉलेजों में दो मिनट का मौन रख कर गांधी जी को श्रद्वाजंलि दी गई कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किये प्रदेश में पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई इसके कारण अधिकांश स्थानों पर शीतलहर का प्रभाव जारी है राज्य के अधिकांश स्थानों पर ठंड और कुछ स्थानों पर कोहरे ने लोगों की सामान्य दिनचर्या को काफी प्रभावित किया है लोग शाम ढलते ही घरों का रूख कर लेते हैं न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है वहीं अधिकतम तापमान में भी पांच डिग्री तक कमी दर्ज की गई कल आगरा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान तीन दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया